कई राज्यों ने पूर्णबंदी को दो सप्ताह और बढाने का अनुरोध किया

राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई चौंसठ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड उन्नीस से निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की है कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन और दो सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तभी मजबूत रहेगा जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने पूर्णबंदी और परस्पर सुरक्षित दूरी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों का जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र जान है तो जहान है के स्थान पर जान भी और जहान भी होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कोविड उन्नीस का प्रकोप घटाने में मदद मिली है लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है और सतर्कता जरूरी है उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस के प्रभाव को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत में आवश्यक दवाई की पर्याप्त आपूर्ति है और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और टेलीमेडिसन के उपयोग पर बल दिया उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि उपज की डायरेक्ट मार्केटिंग करने से मंडियों में भीड़ को रोका जा सकता है इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति प्रावधानों में सुधार किया जाना चाहिए

प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप को लोकप्रिय बनाने को कहा उन्होंने इसके लिए दक्षिण कोरिया और सिंगापूर में मिली सफलता का उल्लेख किया आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और देश को आर्थिक शक्ति बनाने का एक अवसर है राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौंसठ हो गई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि चार लोगों में कोविड उन्नीस की प्रष्टि हुयी है इनमें तीन बेगुसराय से हैं जबकि एक व्यक्ति नवादा का है उनके संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है अब तक बाईस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं इधर देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सात हजार पांच सौ उनतीस हो गई है इनमें छह सौ बावन रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चूके हैं जबकि दो सौ बयालिस लोगों की मौत हो गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार कोविड उन्नीस के प्रकोप को रोकने के लिए सक्रियता से काम कर रही है और इसके लिए चरणबद्ध तरीका अपनाया गया है उन्होंने कहा कि राज्यों के सहयोग से केन्द्र पीपीई मॉस्क जांच किट और वेंटीलेटर की आप्रर्ति सुनिश्चित कर रहा है इसके अलावा इलाज के लिए पांच सौ छियासी विशेष अस्पताल तैयार किए गए हैं

श्री अग्रवाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और श्वसन प्रणाली से जुड़े स्वास्थ्य के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं साउंड बाईट आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बुस्टिंग और रेस्पीरेटरी हेत्थ के लिए जो अपनी गाइडलाइन जारी की थी उसके द्वारा उन्होंने फिर कहा है जिले के जितने डीएम हैं कि आप जब डिस्ट्रीक्ट का एक कंटिंगजॅसी प्लान बनाए तो उसमें उन गाइडलाइन को भी शामिल किया जाए श्री अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लॉकडाउन और नियंत्रण के उपाय कोविड उन्नीस से निपटने के लिए बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि अगर ये उपाय नहीं किए गए होते तो अब तक संक्रमण के मामले दो लाख तक पहुंच गए होते

केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अस्पतालों और संगरोध सुविधा केंद्रों में तैनात डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को जरूरत के हिसाब से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं साउंड बाईट गृह मंत्रालय ने स्टेट्स और यूटीज को पत्र लिखकर फिर से आग्रह किया है कि डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ को आवश्यकता अनुसार पुलिस सिक्योरिटी दे अस्पतालों में जब वे स्क्रीनिंग हेतु जाते हैं और जहां पेसेंट क्वारटाइन हैं पुण्य सलिला ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कोविड उन्नीस के फैलाव को रोकने में बड़ी मदद कर रहा है

उन्होंने इस संदर्भ में कई कदम उठाए हैं सीएपीएफ जनता में जागरुकता फैला रहे हैं उनकी चिकित्सा टीमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड उन्नीस के बारे में जानकारी दे रही है उन्होंने कई स्थानों में स्ट्रेडेड वर्कर इत्यादि को सूखा राशन और पैक भोजन उपलब्ध कराया है पुण्य सलिला ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस के कैडेट तथा नागरिक सुरक्षा वॉलेंटियर भी इस मुहिम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति संतोषजनक है हर स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक रोग प्रतिरोधक है और यह इलाज नहीं है उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी के इलाज में आम जनता के लिए इसकी कभी सिफारिश नहीं की गई आकाशवाणी से बातचीत में डाक्टर मोहन राव ने कोविड उन्नीस को काबू करने के लिए इस दवा की भूमिका के बारे में बताया लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सबके इस्तेमाल करने के लिए नहीं है

नई दिल्ली के गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल के डाक्टर संजय पांडे ने बताया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि विटामिन सी लेने से कोविड उन्नीस से ठीक हुआ जा सकता है या इसे रोका जा सकता है

लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है विटामिन सी से कोरोना वायरस के ऊपर या तो हम कंट्रोल कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से किसी को विटामिन सी लेने से उसको कुछ फायदा हो सकता है हां आप ले सकते हैा विटामिन सी कोई भी विटामिन लें लेकिन साइनटिफिकेट इंफिटेंस विटामिन सी के बारे में भी नहीं हैं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज के तहत बत्तीस करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए अठाईस हजार करोड़ रुपये दिए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लगभग सात करोड़ किसानों के खातों में करीब चौदह हजार करोड़ रुपये सीधे डाले गए हैं उन्नीस करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जन धन खातों में दस हजार करोड़ रुपये की राशि डाली गई है इसके अलावा भवन निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियों में लगे दो करोड़ श्रमिकों के खातों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये जारी किए गए दिव्यांगों वरिष्ठ नागरिकों और उम्रदराज विधवा महिलाओं के खातों में चौदह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डाली गई है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा कराने की समयसीमा तीन महीने के लिए बढ़ाकर तीस जून कर दी है वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि यह छूट पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खाते और आवर्ती जमा राशियों पर लागू होगी सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर छोटी बचत जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर बिहार को एक सौ सैंतालीस करोड़ रूपये की सहायता दी है यह राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कोविड उन्नीस इमरजेंसी रिस्पांस के तहत छियासठ लाख उनासी करोड़ और कोविड पैकेज के तहत अस्सी करोड़ बीस लाख रूपये की प्रथम चरण की राशि बिहार को दी गयी है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि इसके अलावा चार हजार पीपीई थर्मामीटर और तैंतीस हजार एन नाईंटीफाइव मास्क भी केंद्र सरकार ने बिहार भेजा है

आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर राघवन ने सार्वजनिक स्थानों पर मुंह और नाक को ढकने पर जोर दिया

इसे इस तरह से काटा जाना चाहिए कि यह नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक सके बेहतर सुरक्षा के लिए आप कपड़े की दो परतों का भी उपयोग कर सकते हैं यह सुनिश्चित अवश्य करें कि यह आप ऐसे कम से कम दो मास्क जरूर बनाये ताकि एक दिन में इस्तेमाल करने के बाद उसे धो सके और दूसरे का इस्तेमाल कर सके

केंद्र और राज्य सरकारें कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए परामर्श जारी किया है

सरकार ने पीपीई की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं

आईसीयू में काम करने वाले कर्मियों को एक एप्रैन की जरूरत होती है स्वच्छता कर्मियों को इनके अलावा हैवी ड्यूटी दस्ताने और बूट की जरूरत बतायी गयी है

रेडियोलॉजी स्टाफ और अन्य ओपीडी कर्मचारियों को केवल ट्रिपल लेवल मास्क की ही जरूरत बतायी जा रही है जबकि अस्पताल प्रशासन के कर्मचारियों और अन्य कार्यालय कर्मचारियों को ऐसे किसी भी पीपीई की आवश्यकता नहीं है आंनद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार आध्यातमिक गुरू श्री श्री रविशंकर ने पूर्णबंदी के इस समय का उपयोग सकारात्मक सोच पर बल दिया

सब अपने अपने घरों में रहो एकांत में रहो ज्यादा भीड़ में न जाओं ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक मौका है आपको अंतमुर्खी होने के लिए

हम अपना अगर थोड़ा सा साधना पड़ हो जाए थोडी देर बैठकर ध्यान करना शुरू करें मौन रखें रोग निरोघक शक्तियों को बढ़ाए प्राणायाम ध्यान योगासन यह सब कीजिए घर में बैठे बैठे पूर्ण बंदी के समय समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपने तरीके से समय का सद्पयोग कर रहे हैं आकाशवाणी ने पटना की एक शिक्षिका से बातचीत की

मैं सेंट जोसफ कन्वेंट हाईस्कूल से जेठ्ली पटना की शिक्षिका हूं और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को मदेनजर रखते हुए मैं ऑनलाइन क्लासिज ले रही हूं बाकी वक्त में परिवार के साथ बीता रही हूं सभी से अनुरोध है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रबी फसल की कटाई में किसानों और मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिये इस संबंध में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को राज्यों में फसलों की कटाई सुगमता के साथ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है उन्होंने कहा कि हरेक जिले के जिलाधिकारी फसल कटाई खूद मॉनिटिरिंग करें ताकि रबी फसल की कटाई में किसानों और मजदूरों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि राज्य में हड़ताल अवधि के दौरान मृत नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये की मुआवजा राशि दी जायेगी हड़ताल अवधि के दौरान राज्य के बयालीस शिक्षकों की मौत हयी है गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों की हड़ताल सत्रह फरवरी से चल रही है राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के चार लाख लोगों को विशेष सहायता राशि के रूप में एक एक हजार रूपये का भूगतान उनके बैंक खाते में किया है सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सहायता राशि के लिये आठ लाख से अधिक लोगों के आवेदन प्राप्त हये हैं उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों में बने तीन हजार एक सौ निन्यानवे क्वारेंटीन सेंटर में बत्तीस हजार नौ सौ चौरानवे लोगों को रखा गया है इन सेंटरों में भोजन और चिकित्सा स्विधा प्रदान की जा रही है प्रदेश के सभी जिलों में अप्रैल महीने का अनाज वितरण शुरू हो गया है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि सभी राशन कार्डधारियों को पहले से तय कोटा के साथ पांच किलो मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है जन वितरण की द्रकानें सूबह सात बजे से खूलेंगी और चार बजे तक वितरण का काम किया जायेगा अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूबह सात बजे से दिन के दस बजे तक बुजुर्गों के लिये सेवा उपलब्ध होगी स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को आज से खोलने का निर्देश दिया है इन सभी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के अलावा सभी प्रकार के ओपीडी की सेवायें और मरीजों की भर्ती की जायेगी कोविड उन्नीस महामारी के बाद प्रदेश के अस्पतालों में दूसरी बीमारी से पीड़ित का इलाज बंद था नवादा में एनडीआरएफ की टीम कोरोना प्रभावित गांव को भी सेनेटाइज करने में जूटी है एनडीआरएफ की टीम उस इलाके को सेनेटाइज कर रही जिस इलाके से पॉजिटिव मामले सामने आए हैं रोहतास के प्रलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने सभी थानों को किसी स्थान पर भीड़ इकटठा कर खाद्यान्न और भोजन वितरण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है औरंगाबाद जिले में दो सौ चार क्वारेंटाइन सेंटरों प चार सौ नौ लोगों को रखा गया है जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि पूरे जिले में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है दरभंगा रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक रेल को आईसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है जिला प्रशासन ने बताया कि जरूरत पड़ने पर इस कोच में कोरोना लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन किया जायेगा अखबारों की सुर्खियां अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज सभी समाचारों पत्रों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान लिखता है लॉकडाउन में बिना वजह बाहर निकले तो मुकदमा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट में केस होगा स्पीडी ट्रायल चलेगा दैनिक जागरण की सुर्खी है दो हफ्ते और बढ़ेगा लॉकडाउन प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में बनी सहमति अब तीस अप्रैल तक लॉकडाउन प्रभात खबर ने लिखा है पुलिस को तैयार रहने का आदेश बिहार में दो हफ्तों के लिये बढ़ सकता है लॉकडाउन दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है पहले हमारा मंत्र था जान है तो जहान हैं लेकिन अब नीति है जान भी जहान भी इसके साथ ही राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने कोरोना की आशंका होने पर जांच करबाने सहित लॉकडाउन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

कई राज्यों ने पूर्णबंदी को दो सप्ताह और बढाने का अनुरोध किया

राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई चौंसठ